ऐसे मामलों की समीक्षा के बाद प्रभावितों को समयबद्ध कार्ययोजना के तहत न्याय दिलाने का निर्णय लिया गया है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एकेपटनायक की अध्यक्षता में गठित समिति ने रायपुर में इन प्रकरणों की समीक्षा की समिति ने बस्तर रेंज के सात जिलों और राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र को मिलाकर क्ल आठ जिलों में दर्ज प्रकरणों की स्थिति के संबंध में जानकारी ली समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा उसके गुण दोषों के आधार पर की गई बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के माओवाद घटना से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक सुंदरराज पी और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं तथा स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव शुक्ला को जिम्मेदारी दी गई वहीं आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही के लिए विभाग के सचिव और आयुक्त तथा आवश्यक समन्वय के लिए आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव को दायित्व दिया गया है इस अवसर पर राज्य के महाधिवक्ता कनक तिवारी और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे माओवादी गिरफ्तार आगजनी कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया कि आलपरस के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई इस दौरान यहां से आठ लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी फूलोबाई उर्फ महरी नेताम को गिरफ्तार किया गया यह महिला माओवादी संगठन की उप कमांडर थी और बीते दस सालों से संगठन के लिए काम कर रही थी इसके पास से माओवादी साहित्य बन्द्रक की गोलियों के खोखे टॉर्च और वायर बरामद किया गया है इस महिला माओवादी पर पुलिस जवानों और ग्रामीणों की हत्या के मामलों में शामिल रहने का आरोप है वहीं दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों ने एस्सार परियोजना में लगी चार वाहनों को आग के हवाले कर दिया हमारे संवाददाता के मुताबिक किरंदुल इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है आज दोपहर करीब पचास माओवादी यहां पहुंचे और वाहन चालक तथा कंडक्टर को बंधक बना लिया इसके बाद तीन टिप्पर और एक पोकलेन मशीन में आग लगा दी बताया जाता है कि माओवादी अपने साथ वाहन चालक और कंडक्टर के मोबाइल फोन भी लूटकर ले गए हैं घटना के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है पदम परस्कार आवेदन भारत सरकार द्वारा पदम पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं इसके तहत पदम विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे पुरस्कारों के लिए स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य और पात्र व्यक्तियों के नामांकन नियत समय में प्रस्तुत करने को कहा गया है इस बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन नामांकन वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पद्म अवॉर्डस डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ली जा सकती है तेंदपत्ता संग्रहण राज्य के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले तेंद्रपत्ता संग्राहक परिवारों को इस वर्ष कुल सात सौ करोड़ रूपए का पारिश्रमिक भुगतान किया जाना है इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है यह जानकारी वन विभाग के अधिकारियों ने रायपुर में संग्रहण कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान दी बैठक की अध्यक्षता वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके खेतान ने की बैठक में बताया गया कि चालू मौसम में अब तक लगभग साढ़े सात लाख मानक बोरा तेन्द्रपत्ते का संग्रहण किया जा चुका है इस वर्ष सोलह लाख सत्तर हजार से अधिक संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है दंतेवाड़ा कोण्डागांव केशकाल और नारायणपुर जिले में संगहण का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा चुका है बैठक में अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संग्रहण कार्य की सतत निगरानी करने और पारिश्रमिक का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से तेन्द्रपत्ते की आवक की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जाए

दो सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान नवीकरणीय ऊर्जा खगोल विज्ञान रॉकेट इंजीनियरिंग अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के अलावा कौशल विकास संचार और नेतृत्व भावना के बारे में अवगत कराया जाएगा ये विद्यार्थी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ संवाद कर सकेंगे साथ ही उन्हें श्रीहरिकोटा स्थित उड्डयन केन्द्र जाने का अवसर भी मिला है यूविका कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होगा जिससे भारत में वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी डीकेएस अस्पताल शिकायत रायपुर स्थित डीकेएस सुपर स्पेशलियिटी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम पर करोड़ों रूपये की कथित वसूली करने की शिकायत मिली है यह मामला गोलबाजार थाने में दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य नर्सिंग संगठन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने विभिन्न पदों पर भर्ती के नाम पर युवाओं से आवेदन के साथ शुल्क के रूप में करोड़ों रूपये वसूले लेकिन आवेदन मंगाने के बाद उन आवेदकों से किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया ना ही उन्हें परीक्षा देने के लिए बुलाया गया और ना ही उनकी दावेदारी को निरस्त करने की कोई सूचना दी गई बिना किसी को जानकारी दिए विज्ञापन में दिए गए रिक्त पदों पर भर्तियां भी कर ली गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए सीएसपी नसर सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है दर्घटना दुर्ग में एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पच्चीस यात्री घायल हो गए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक दूर्ग से गंडई जा रही एक निजी यात्री बस कोड़िया गांव के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस बस में लगभग चालीस लोग सवार थे जिनमें से घायल हुए पच्चीस लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है नगर पुलिस अधीक्षक दिलीप चंद्राकर ने बताया कि तीन घंटे तक बचाव अभियान चलाकर यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर फाइटर फायर ब्रिगेड और गैस कटर विशेषज्ञों की मदद ली गई हादसे के बाद एक यात्री इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि बस के ढांचे को काटकर तीन घंटे बाद उसे बाहर निकाला जा सका वहीं जांजगीर चांपा जिले के मेहन्दा भड़ेसर गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया इस हादसे में ऑटो में सवार छह लोग घायल हो गए जिनमें से दो बुजुर्गों की हालत गंभीर बनी हुई है मौसम राज्य के राजनांदगांव और रायगढ़ सहित कई अन्य क्षेत्रों में लू की स्थिति बनी हुई है आज और कल राज्य के कुछ क्षेत्रों में तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं वहीं प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है

तुमकपाल चौकी में तैनात यह एएसआई बीते छह महीनों से कार्य से अनुपस्थित था बलौदाबाजार जिले में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान फर्जी डिग्री लेकर इलाज करने वाले दो चिकित्सकों के अस्पताल सील कर दिए गए कार्रवाई के दौरान एक्सपायरी डेट की दवाएं भी बरामद हुई हैं जांजगीर के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी शराब दुकान से चार लाख रूपये से अधिक की राशि लेकर फरार हुए सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है धमतरी जिले के गंगरेल बांध क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया कल पर्यटन विकास समिति की बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा